केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह नहीं करने को कहा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने स्कूली शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर दिया बल

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ से अधिक मकानों के निर्माण की मंजूरी प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी मौसम विभाग ने जताई अगले सप्ताह बारिश की सम्भावना

कल शिमला में एक रैली में उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह न करने का आह्वान किया ये कांग्रेस पार्टी अफवाहें फैला रही है कि इससे मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली है

श्री शाह ने कहा कि पूर्व केन्द्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न कर के राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया था लेकिन भाजपा सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले कर के घुसपैठ पर लगाम लगाई हमारे संवाददाता ने बताया कि रैली का आयोजन राज्य की भाजपा सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रचारित करने के उद्देश्य से किया गया था

कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहल गांधी के बयान को गलत करार देते हुए कहा कि एन पी आर गरीबों की मदद करने की दिशा में सही कदम है उन्होंने कहा कि एन पी आर और आधार दोनों से पारदर्शिता आती है और इससे लाभार्थियों की पहचान होती है लाभार्थियों की पहचान में एनपीआर का बहुत बड़ा योगदान होता है और एनपीआर और आधार ये दोनों महत्वपूर्ण कड़ी है

श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वह अवैघ प्रवासन पर रोक नहीं लगाना चाहती है कांग्रेस का कल्चर वैसे भी देश हित का नहीं है और इसलिए इलीगल इमिग्रेंस उनके लिए राजनीतिक सौदे का विषय है अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देना कांग्रेस का काम है यही कांग्रेस की नीति है

उन्होंने कल गोवा के मडगांव में यह बात कही

राज्य में सभी जिलों के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में धारा एक सौ चौवालिस लगा दी गई है पुलिस ने शांति कमेटियों की बैठकें की हैं और लगातार जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है ताकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोका जा सके प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्कूली शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हए कहा है कि स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों में छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिये रैक्षणिक सत्र श्रू होने से पहले ही सर्वे कार्य सम्पन्न कर लिया जाये राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्कूलों में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली यूनीफार्म जूते मोजे स्वेटर और बैग समय से वितरित करवाने के लिए भी कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपांतरण के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रही थीं उन्होंने कहा कि ये स्वयं प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जनपदों का दौरा कर हर एक जनपद में दो दिन का प्रवास करेंगी और महत्वाकांक्षी जनपदों के कार्यो का अवलोकन और समीक्षा करेंगी इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महत्वाकांक्षी जनपदों की स्थिति सुधारने के लिए निर्वारित छह संयुक्त सुचकांकों के अन्तर्गत प्रदेश में अच्छा कार्य किया गया जिसके चलते राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर है मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने और जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए आगामी दो फरवरी से राज्य के सभी चार हजार दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को आरोग्य मेले आयोजित किये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा ए आइ आर आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज ऑन ए आइ आर डॉट काम और न्यूज ऑन एआइआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक करोड़ से अधिक मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ बारह लाख मकानों की मांग है प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती मकानों के विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन की शुरूआत जून दो हजार पन्द्रह में की गई थी जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करना था इस अभियान में अभी तक पांच लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है केंद्र सरकार इस योजना के तहत मकान खरीदारों को एक लाख से दो लाख सड़सठ हजार रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है

इस श्रंखला में आप रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संरोधन कानून को लेकर यह भ्रम है कि इसमें अन्य देशों से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून से सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू सिख जैन बौद्ध पारसी और ईसाइयों को लाम होगा यदि उनके पास पासपोर्ट वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न हथा हो तो ये भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं इससे ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता मिल पाएगी अन्य देशों के नागरिकों के लिए पहले की ही तरह नागरिकता के लिए सामान्य नियम लागू होंगे

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड के कम होने के आसार नहीं हैं वहीं परिचमी विक्षोम की स्थिति बनने के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में इकत्तीस दिसंबर से दो जनवरी के बीच बारिश की संभावना जतायी जा रही है जिसके बाद ठंड में और बढ़ोत्तरी हो सकती है

अधिकांश स्थानों पर स्कूलों को अ दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है

सरकार ने जिलाधिकारियों को रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं कोई भी गरीब खुले आसमान के नीचे या सड़क के किनारे न सोए इस बात की हिदायत दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात वाराणासी में टाउन हाल फील्ड में रैन बसेरे का अचानक निरीक्षण कर वहां स्थिति का जायजा लिया उन्होंने गरीबों को कंबल भी वितरित किए